मुख्यमंत्री ने माइको कंटेनमेंट जोन बनाने और कोविड दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के दिए निर्देश

आज आकाशवाणी जयपुर का स्थापना दिवस राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संकमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया

कोविड संकमण के मामलों में तेजी से बढ़ने के मद्देनजर यह बैठक आयोजित की गई थी बैठक में श्री मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की आपूर्ति बढ़ा रही है

मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा चित्तौड़गढ़ अलवर और भीलवाड़ा जिलों में संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलों में कलेक्टर सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अधिक जांच कराने के लिए विशेष योजनाएं अमल में लाएं

ये एक ही दिन में अब तक की रिकॉर्ड संख्या है

इसके बाद उदयपुर राज्य का हॉट स्पॉट बना हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी जयपूर के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं